उच्चतम न्यायालय ने निर्मया सामूहिक दुष्कर्म मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से दो की क्यूरेटिव याचिका खारिज की मकर संक्राति का पर्व आज प्रदेश में श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी गुवाहाटी में चल रहे खेलो इण्डिया युवा खेलों में उत्तर प्रदेश के उत्तम यादव ने पन्द्रह सौ मीटर दौड़ में रिकार्ड बनाया

कल बिहार के गया में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने शासनकाल में आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोटने वाली कांगेस को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का कोई नैतिक अधिकार नहीं है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है उन्होंने स्पष्ट किया कि असम में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का काम उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शुरू किया गया था देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिमावक भाग लेंगे श्री मोदी इस कार्यक्रम में परीक्षा के तनाव से बचने के लिए छात्रों के सवालों के जवाब देगें और विद्याथियों के साथ बातचीत भी करेंगे बिहार में दानापुर छावनी के केन्द्रीय विद्यालय की छात्रा तेजस्विनी ने आकाशवाणी में बातचीत में कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है उनकी जो स्पीच्स होती हैं वो बहुत मोटिवेशनल होती हैं उनमें एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है और पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहती है दिल्ली में वसुन्धरा एन्कलेव के एक सरकारी स्कूल की छात्रा दिव्या सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम से परीक्षा के दबाव से बचने और आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है उच्चतम न्यायालय ने निर्भया द्यकर्म मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से दो मुकेश सिंह और विनय कुमार की ओर से दायर की गई क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है न्यायमूर्ति एन वी रमणा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से यह फैसला दिया मौत की सजा पर रोक के लिये भी इनकी याचिकाएं नामंजूर कर दी गयीं फांसी की सजा पाये दोषियों के लिए क्यूरेटिव याचिका अंतिम विकल्प होता है दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों को इस महीने की बाईस तारीख को सवेरे सात बजे तिहाड़ जेल में मौत की सजा का वारंट इस महीने की सात तारीख को जारी किया था इस बीच मुकेश ने निचली अदालत द्वारा जारी किये गये फांसी के वारंट पर अमल नहीं करने के लिए कल दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की इस पर आज सुनवाई होगी हिन्दी फीचर फिल्म तानाजी द अनसंग वारियर को राज्य सरकार ने प्रदेश में राज्य माल और सेवाकर एसजीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के साहसिक और समर्पित सेनापति तानाजी मालुसरे की वीरगाथा पर आधारित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को कर मुक्त घोषित करते हुए कहा कि इससे लोग तानाजी मालुसरे की वीरता और उनके त्यागपूर्ण जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे सोने के आमूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य होगी खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार अनिवार्य हॉलमार्किंग के बारे में आज अधिसूचना जारी करेगी उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद आभूषण निर्माताओं को अगले साल पन्द्रह जनवरी दो हजार इक्कीस तक इस आदेश का पालन करने का समय दिया जायेगा

लाखों की संख्या में श्रद्वालु आज ब्रम्हमुह्र्त से ही प्रदेश की विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं प्रदेश के कई भागों में कल भी मकर संक्राति का पर्व मनाया गया प्रयागराज में एक महीने तक चलने वाले माघ मेले का आज पहला प्रमुख स्नान है वहां लाखों श्रद्वालु आज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्योहार मनाया जाता है यह त्यौहार अळी फसल खुराहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है इस अवसर पर श्रद्वालु स्नान ध्यान के बाद तिल खिचड़ी और मुद्राए दान करते हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को मकर संक्राति पर शुभकामनाएं दी हैं

नाथ पीठ के प्रसिद्व मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा वर्षो पुरानी है हजारों की संख्या में श्रद्वालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने पहुंच रहे हैं एक रिपोर्ट मकर संकांति पर गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने को लोग शुभ मानते हैं परंपरानुसार बाबा गोरक्षनाथ को आज पहली खिचड़ी गोरक्षपीठधीखर योगी आदित्यनाथ ने चढ़ायी इसके बाद नेपाल के राजपरिवार की तरफ से आयी खिचड़ी चढ़ायी गयी आज से गोरखनाथ मंदिर परिसर में महीने भर तक चलने वाले मेले की भी शुरूआत हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मेले की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती बिहार और नेपाल के विभिन्न इलाकों तक से श्रद्धालु यहां बाबा गोस्कनाथ का दर्शन कर उन्हें खिचड़ी अर्पित करने आ रहे हैं आज सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में कतारबद्ध होकर खिचड़ी चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का यह सिलसिला हफ़्तों जारी रहेगा श्रद्दालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं आदित्य शुक्ला आकाशवाणी समाचार गोरखपुर

उन्होंने कहा कि गांव के बिना देश की प्रगति संमव नहीं है श्री सिंह कल मथुरा में दीन दयाल वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबेधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश का विकास गांवों के विकास पर निर्मर है और गांवों का विकास किसानों के विकास पर निर्मर है किसान का विकास तभी होगा जब उसकी खेती में लागत कम आयेगी उन्होंने वैज्ञानिकों से इसके लिये लगातार प्रयास करने का आह्वान किया केन्द्रीय मंत्री ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या के निराकरण के लिये पशुपालन को एक उपयोगी व्यवसाय का रूप देने की आवश्यकता बताई उन्होंने कहा कि जब पश्पालन से किसान की आमदनी बढ़ेगी तो वह अपने जानवरों को खूटे से बांध कर रखेगा और छुट्टा नहीं छोड़ेगा उन्होंने वैज्ञानिकों से गाय के गोबर और गौमूत्र से किसानों की आय बढ़ाने के लिये अनुसंधान करने का आह्वान किया असम के ग्वाहाटी में चल रहे तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलो में कल अंडर सेवेन्टीन श्रेणी में प्रदेश के उत्तम यादव ने पंद्रह सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया प्रदेश के ही गौरव कुमार ने जिमनास्टिक में आर्टिस्टिक इयेन्ट खिताब अपने नाम किया और प्रदेश के विजय ने दो सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता खेलो इण्डिया युवा खेलों में महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर है पिछले वर्ष की चैंपियन महाराष्ट्र की टीम ने अब तक छब्बीस स्वर्ण इकत्तीस रजत और पचास कास्य पदक जीत लिए है हरियाणा अब तक इक्कीस स्वर्ण के साथ कुल सड़सठ पदक लेकर दूसरे स्थान पर है उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हई बर्फबारी के कारण प्रदेश में गलनभरी ठण्ड और सर्द हवाओं का दौर जारी है गोरखपुर और आस पास के इलाकों में कल दिन में हल्की धूप रही लेकिन सुबह और शाम घने कोहरे ने जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे कम चार दशमलव सात डिग्री सेल्सियस तापमान सोनभद्र के चुर्क में दर्ज किया गया हरदोई और बस्ती में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस और खीरी में पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा